दक्षिणी छोटानागप्र और कोल्हान प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ आज मुख्यमंत्री ने की वर्चअल बैठक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें बेहतर करने के दिये निर्देश

और झारखंड सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों में तेजी लाने का किया फैसला सभी जिलों के सदर अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट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 श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

मध्य प्रदेश उत्तराखंड झारखंड तेलंगाना चंडीगढ़ लद्दाख दमन और दीव लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मामलों में लगातार कमी दिखा रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोन्द्र सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं

अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की जरूरत पूरी करने के लिए हर जिले के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनायी है राज्य सरकार ने सभी जिलों के सदर अस्पतालों में पीएसए स्थापित करने पर काम शुरू कर दिया है केंद्र सरकार की सहायता से झारखंड के चार अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है

इस योजना के तहत रिम्स और रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगभग शुरू होने की स्थिति में पहुंच गया है इसके साथ ही सभी जिलों के सदर अस्पतलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं

इसमें आये सुझावों को मुख्यमंत्री ने अमल में लाये जाने का भरोसा दिलाया वीडियो कांफ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मंत्री जोबा मांझी सांसद सुदर्शन भगत संजय सेठ विद्युत वरण महतो दीपक प्रकाश गीता कोड़ा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा सुदेश महतो सीपी सिंह समेत कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये रांची जिले में अब कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को राज्य सरकार मदद मुहैया कराएगी मृत संक्रमित मरीजों के परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और जरूरत के हिसाब से उन्हें राज्य में चल रही अलग अलग योजनाओं में इन्हें शामिल किया जाएगा रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इसके लिए चार सदस्यीय एक कमेटी बनाई है उपायुक्त ने बताया कि योग्य लोगों तक हर हाल में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने बताया कि मृतक के आश्रितों की स्थिति को समझा जाएगा उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने मृतक पर आश्रित हैं इसके आधार पर ही उन्हें मदद मुहैया कराई जाएगी

इंसिडेंट कमांडर की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद समिति योग्य आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन योजना राशन कार्ड आदि का लाभ देने की समीक्षा करेगी

इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग की एक पहल कोविड रिस्पांस टीम सीआरटी आज से पांच दिन की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रही है पॉजिटिविटी अनलिमिटेड हम जीतेंगे शीर्षक वाली इस पहल का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है व्याख्यान श्रृंखला का प्रसारण चार सौ मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिदिन शाम साढे चार बजे से पांच बजे तक किया जाएगा इसका समापन शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन से होगा इस व्याख्यानमाला के दौरान सद्गुरु जग्गी वासुदेव श्री श्री रविशंकर विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती सोनल मानसिंह आचार्य विद्यासागर निर्मल पंचायती अखाड़े के महंत ज्ञानदेव सिंह लोगों को संबोधित करेंगे कोविड रिस्पांस टीम के संयोजक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि इस अनूठी पहल के पीछे महत्वपूर्ण विचार समाज में आत्मविश्वास बढाना और डर निराशा तथा नकारात्मकता को दूर कर लोगों को प्रेरित करना है

गौरतलब है कि पूरे राज्य से पत्रकारों के संक्रमित होने की खबर आने के बाद मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर इनके लिए कैंप आयोजित कर टीकाकरण करने का निर्देश दिया था

राज्य में तेरह मई तक प्रभावी एक हफ्ते के मिनी लॉकडाउन के कारण राज्य में संक्रमण की दर में आठ प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है पिछले चौबीस घंटों में क्ल छह हजार एक सौ सतासी नये संक्रमित मिले हैं ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गयी है

मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस से लडने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है

मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उपायों को मजबूती देने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो को दुनिया भर के देशों से मिली सहायता पहुंचाई गई है केन्द्र सरकार सीमा शुल्क संबंधी मंजूरियों में तेजी लाकर व्यवस्थित ढंग से जल्दी से जल्दी ये सहायता पहुंचा रही है

विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने सुनिल कुमार सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है

देश के वैज्ञानिकों के योगदान को पहचान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह दिवस मनाने की शुरूआत की थी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी इंजीनियरों वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शुभकामनाएं दी हैं

बताया जा रहा है कि कामडारा थाना क्षेत्र के रामतोलया गांव में शाम लगभग छः बर्जे के आसपास दो जंगली हाथी आ पहंचे जिन्हें देख कर स्थानीय ग्रामीण एकत्रित हए फिर सभी ने मिलकर जंगली हाथियों को दूसरे गांव की ओर खदेड़ रहे थे इसी दौरान यह हादसा हुआ

गिरफ्तार उग्रवादी को आज बसिया पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया मौके पर बसिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि जिर्ले के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कामडारा थाना क्षेत्र के मुरगा गांव का रहने वाला उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमाण्डर बादल लोहरा उर्फ अंजलुस इंदवार बसिया थाना क्षेत्र के आर्या जंगल के आस पास घूम रहा है जिसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी टीम का गठन किया इसके बाद एसआईटी की टीम छापेमारी कर आर्या जंगल पहुंची तो एक संदिग्ध ब्यक्ति जंगल के अंदर मोबाईल में किसी से बातचीत कर रहा था लेकिन जैसे ही उसकी नजर पुलिस पड़ी तो वह वहां से उठकर भागने लगा